ये दिवस भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है पत्रकारिता के मानक में सुधार और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संसद द्वारा प्रेस काउंसिल को अनिवार्य किया गया है

राज्य के मीडिया कर्मियों ने आई पी आर विभाग के सहयोग से ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में ये दिवस मनाया समारोह के दौरान पत्रकारिता छात्रों के बीच अरुणाचल में समाचार पत्र मीडिया का एक अप्रचलित रुप है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राज्य तथा देश के मीडिया कर्मियों को शुभकामनाए दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता को सुद्रढ़ करेगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस की उपस्थिति में तवांग में पूर्वोत्तर सर्किट के विकास के लिए कई पर्यटन योजनाओं का उद्घाटन किया अपने संबोधित में मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को पर्यटन क्षेत्र में अपार सहयोग मिला है उन्होंने बताया कि आगामी बाईस नवंबर को होने वाली मेचुका एडवेंजर फेस्टिवल में बॉलीह्ड स्टार सलमान खान भी शामिल होंगे केंद्र सरकार ने भवनों के निर्माण आदि में पर्यावरण संबंधी नियम लागू कराने की सभी शक्तियां अब स्थानीय निकायों को दे दी हैं उनके अनुसार भवनों सहित निमार्ण के सभी कार्यों और बीस हजार से पचास हजार वर्ग मीटर की क्षेत्र विकास परियोजनाओं में पर्यावरण शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अब स्थानीय निकायों की होगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि औद्योगिक ठिकानों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों और बीस हजार से एक लाख पचास हजार वर्ग मीटर तक के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए पर्यावरण शर्ते लागू करवाने की जिम्मेदारी अब स्थानीय निकायों को निभानी होगी अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक जल निकासी जल संरक्षण वर्षा जल स्रोतों के पुनर्जीवन अपशिष्ठ प्रबंधन ग्रीन कवर और मिट्टी की ऊपरी सतह के संरक्षण जैसे मामलों को रखा गया है राजधानी जिला उपायुक्त प्रींस धवन ने बताया कि आगामी उन्नीस नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य में ईटानगर नगरपालिका परिषद कई सामूदायिक मोबिलाइजेशन कार्यक्रम आयोजित करेगा दिवस की समाप्ति स्व सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों द्वारा डोर टू डोर हाउस हॉल्ड आउटरीच जैसे कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष उन्नीस नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते है और इस वर्ष का विषय है जब प्रकृति बुलाए

नीति आयोग ने हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए हिमालय के राज्यों की क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है नई दिल्ली में नीति आयोग के बयान में बताया गया है कि यह परिषद उन पांच कार्य समूहों की रिपोर्ट में सुझाए गये बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी जिनका गठन इस कार्य की रुपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था हिमालय वाले राज्यों की इस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के सारस्वत करेंगे इनके अलावा हिमालय राज्यों के मुख्य सचिव प्रमुख्य केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रित भी परिषद में शामिल होंगे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

आज का अधिकतम तापमान बीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया